संबल योजना नगरीय क्षेत्रों में सभी फुटकर व्यापारियों को संबल योजना का लाभ देने के लिये कल सभी नगरीय निकायों में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा आयकर नहीं भरने वाले ऐसे सभी छोटे फुटकर व्यापारी संबल योजना के पात्र हैं

उनके संबोधन का सजीव प्रसारण प्रदेश भर में होगा सम्मेलन स्थलों पर शेष रह गये हितग्राहियों के पंजीयन की व्यवस्था होगी ताकि उन्हें लाभ मिल सके मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी महापौरों नगर पंचायत अध्यक्षों नगर निगम आयुक्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को हितग्राही सम्मेलन की सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश देते हुए कहा कि छोटे छोटे काम धंधे करने वाले सभी व्यापारी संबल योजना का लाभ लेने के लिये पात्र हैं

यह राशि तेंद्रपत्ता संग्रहण के इतिहास में सबसे अधिक है राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश की सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से बोनस वितरण की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में मंत्री सांसद विधायक और अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोनस वितरण होगा

राज्यपाल राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित महर्षि पतंजलि छात्रावास और संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्द्वन योग केन्द्र का शुभारम्भ किया राज्यपाल ने कहा कि महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय के बट्क एक दिन महान राजनीतिज्ञ चाणक्य बनकर राष्ट्र को नई दिशा देंगे श्रीमती पटेल ने कहा कि कल यहां विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने मिलकर एक हजार एक सौ ग्यारह पौधे रोपकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज करवाकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ संतुलित तथा स्वस्थ बनाये रखने की दिशा में ऐसे प्रयास निरन्तर होते रहने चाहिये

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है स्नातक स्तर के इन वार्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मिलने की काफी संभावनाएं रहेंगी पर्यटन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इन पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए केन्द्रीय अध्ययन मंडल की बैठक की अनुसंशाओं के मद्देनजर यह मंजूरी दी गयी है महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश महिला सशक्तीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है वे कल मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कमल शक्ति कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर राज्य सरकार गंभीर है महिला सशक्तीकरण उनके लिये कोई राजनैतिक नारा नहीं है बल्कि उनके जीवन का मिशन है मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना इसी सोच का परिणाम है वहीं प्रतिभा किरण योजना का लाभ राज्य की हजारों बेटियों ने उठाया है प्रदेश में होने वाले स्थानीय चुनावों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण दिये जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला स्वसहायता समूह एक आंदोलन बन गया है इन समूहों के जरिये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और उनके द्वारा बनायी गयी सामग्री का टर्न ओवर दौ सौ करोड़ के पार है

अस्थि कलश यात्रा कल सागर जिला मुख्यालय पहुंची यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अपने अगले गंतव्य दमोह जिले की ओर रवाना हो गयी शहर में विभिन्न स्थानों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा आम नागरिकों ने दिवंगत नेता के प्रति श्रद्वासुमन अर्पित किए यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के अलावा स्थानीय विधायक शैलेंद्र जैन भी शामिल थे इससे पहले ये यात्रा भोपाल से रवाना होकर विदिशा जिला मुख्यालय पहुंची इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के अलावा राज्य सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह गोपाल भार्गव सूर्यप्रकाश मीणा और सांसद प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे शहर में एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गयी श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि अस्थिकलश यात्रा सागर और दमोह जिले से होते हुए टीकमगढ़ जिले के ओरछा पहुंचेगी श्री वाजपेयी की अस्थियां ओरछा में बेतवा नदी में विसर्जित की जाएंगी वहीं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता ने बताया है कि कल देर रात ये यात्रा जिले में पहुंची शिवपुरी में भी अस्थि कलश यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अटलजी को प्रष्पांजलि अर्पित की ये यात्रा अशोक नगर जिले के चंदेरी से होते हुये शिवपुरी पहुंची थी खंडवा में भी अस्थि कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुये सतना हादसा सतना जिले में जिगनहट गांव के पास कल सतना नदी में नहाने के दौरान चार लोग बह गये जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है जबकि एक अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है मौसम प्रदेश में बारिश का क्रम जारी रहने से आगामी दिनों में ऐसे जिलों में भी पर्याप्त वर्षा की संभावना हैं जहां अभी तक कम बारिश दर्ज की गयी है मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के बालाघाट मंडला श्योपुर मुरैना भिंड ग्वालियर शिवपुरी के अलावा मंदसौर और नीमच जिलों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गयी है आगामी दिनों में मौजूदा सिस्टम के कारण इन जिलों में भी पर्याप्त बारिश की संभावना है

इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में वर्षा होगी और गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे

राजधानी भोपाल में आज दिन भर बादल छाए रहे और बीच में रुकरुक बारिश का दौर भी चला

नीमच में इस वर्ष मॉनसून में अबतक साढ़े सात सौ मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है वहीं हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि करैरा में नगर पंचायत के पुराने भवन की एक दीवार तेज बारिश की वजह से गिर गई जिससे एक बच्ची घायल हो गई

जिसकी वजह से किसान परेशान है इसलिए यहां बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गई है